इस बीच प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण आज भी विभिन्न स्थानों पर रेल और सड़क यातायात प्रभावित रहा